हिमाचल में आज शाम महसूस किए गए भूकम्प के झटके जानमाल का कोई नुकसान नहीं

धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिन लोगों को धर्मान्तरण के लिए मजबूर किया जाता था और वे वर्षों से भारत में रह रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में नागरिकता का अधिकार दिया है

समझौता यमुना नदी से हिमाचल के हिस्से का पानी दिल्ली सरकार को बेचने के लिए दोनों राज्यों के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के सचिव आरएन बत्ता और दिल्ली सरकार की प्रधान सचिव मनीषा सक्सेना ने आज नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि यूजीसी व केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जारी किए गए अनुदान का विश्लेषण प्रदेश परिषद द्वारा किया जाएगा आज शिमला में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक में उन्होंने कहा कि अनुदान का विश्लेषण करने के बाद परिषद की राय से इसका उपयोग शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा शिक्षामंत्री ने परिषद के सदस्यों को शिक्षा के क्षेत्र में हर पहलू पर चर्चा करने को कहा ताकि बेहतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण हो सके सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा लागू की गई नीतियों को परिषद द्वारा विचार विमर्श करने के बाद प्रदेश में लागू किया जाएगा

आज मण्डी में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी

उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने को कहा

उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज शांतला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी

बाद में उद्योगमंत्री ने शांतला अलोह चम्बयाला में चल रहे विकास कार्यो का निरीक्षण किया और बूथ कार्यक्रमों में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिला के धारकंडी क्षेत्र की भलेड़ पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की आधारशिला रखी

उन्होंने प्रदेश सरकार की सहारा योजना की जानकारी देते हुए लोगों से इसका लाभ लेने का आग्रह किया शहरी विकास मंत्री ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं गोविंद वनमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि मनाली के वन्य प्राणी पार्क में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा पार्क का निरीक्षण करने के बाद आज उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में जरूरी दिशानिर्देश भी दिए गोविंद ठाकुर ने कहा कि भविष्य में इस पार्क को बड़े चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जाएगा इससे पहले वनमंत्री ने मनाली में जनसमस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इनके त्वरित निपटारे के निर्देश दिए

उन्होंने अधिकारियों को रैली के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने बताया कि रैली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह मुख्य अतिथि होंगे इस दौरान सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पत्रिका का विमोचन करने के अलावा विकासात्मक वृतचित्र भी प्रस्तुत किया जाएगा उन्होंने आम लोगों की सुविधा को देखते हुए रैली के दौरान यातायात व्यवस्था के साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने को भी कहा जागरूकता सम्मेलन केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने बेहतर निवेश के लिए कारगर कदम उठाए हैं और युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है आज धर्मशाला में राज्यस्तरीय निवेशक शिक्षा व जागरूकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने ये बात कही केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं और इसके लिए युवाओं व उद्यमियों को जागरूक किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सही तरीके से निवेश और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को आयोजन किया जा रहा है

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुक्श में रहा

भूकंप से फिलहाल प्रदेश में किसी भी जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देश में राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में आज अस्थिरता का माहौल बन गया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि नए कानून से लोगों में क्रोध और भय का माहौल है जो देशहित में नहीं है वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश में मौजूदा हालात केन्द्र सरकार द्वारा बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का परिणाम है उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है जबकि देश की जीडीपी में भी भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और केन्द्र सरकार मौन है बाल्दी मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने राज्य सचिवालय में अखिल भारतीय सिविल सेवाएं कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन के उपलक्ष में सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्मारिका का आज शिमला में विमोचन किया उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता हिमाचल में आयोजित होना गौरव की बात है स्मारिका का सम्पादन गुलपाल वर्मा ने किया है प्याज प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं

लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा सस्ता प्याज उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध करवाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं

तीसा स्थित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान बिजली आईपीएच और लोकनिर्माण विभागों को मुस्तैद रहना चाहिए भरमौरी पूर्वमंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और चम्बा जिला कांग्रेस ने सरकार पर जिले में विकास के मामले में भेदभाव का आरोप लगाया है आज चम्बा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि चम्बा मैडिकल कॉलेज में चिकित्सकों सहित अन्य पद खाली पड़े हैं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का दो वर्ष के कार्यकाल में राज्य में हालात खराब हुए हैं और कई विकास कार्य लम्बित पड़े हैं